कोविड टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण आज से होगा शुरू

आज श्रमिक दिवस है राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने श्रमिक भाइयों को बधाई देते हुए उनके स्वस्थ जीवन की की है कामना कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोहराया है कि सरकार का प्रत्येक संगठन देश में कोविड स्थिति से निपटने के लिए एकजुट होकर तेजी से कार्य कर रहा है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 श्री मोदी ने देश में कोविड की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए वर्चुअल माध्यम से आयोजित केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह बात कही केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निरंतर चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति में जुटी हुई है सरकार ने अस्पतालों में कोविड मरीजों के उपचार के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं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

केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानन्द गौड़ा ने बताया है कि रेमडेसिविर के उत्पादन में तेजी होने से इसकी बढ़ी हुई उपलब्यता की समीक्षा के बाद आवंटन योजना संशोधित की गई है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

वरिष्ठ अधिकारियों की यह टीम राज्य स्तर पर कोविड प्रबंधन से जुड़े कार्यों को देखेगी

स्वास्थ मंत्री की टीम मेडिकल किट टेस्टिंग और स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ोत्तरी से जुड़े कार्यो के प्रति जवाबदेह होगी

यह भारत सरकार के साथ समन्वय से जुड़े कार्यों व पत्राचार आदि का निर्वहन करेंगे साथ ही आइसीसी की मॉनिटरिंग भी इनकी जिम्मेदारी होगी चौथे सदस्य अपर मुख्य सचिव गृह होंगे जो प्रदेश में ऑक्सीजन की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे कटेनमेंट जोन लॉ एंड ऑर्डर साप्ताहिक बन्दी कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए डीजीपी के नेतृत्व में कार्य होगा

यह प्रवासी श्रमिकों से जूड़े प्रबंधन के प्रति जिम्मेदार होंगे टेस्ट ट्रैक ट्रीट के सिद्धांत पर अमल करने के परिणाम स्वरूप प्रदेश के रिकवरी दर में लगातार सुधार हो रहा है

यह जानकारी प्रदेश सरकार द्वारा जारी बयान में दी गई प्रदेश के अस्पतालों में किसी भी मरीज को भर्ती होने के लिए किसी भी प्रकार के रेफरल लेटर की कोई आवश्यकता नहीं है कोई भी मरीज सुविधानुसार किसी भी सरकारी अथवा निजी अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट हो सकता है राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियाशील सीएचसी की व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाए यहां प्राथमिकता के आधार पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराये जाए प्रत्येक जिले में दो सीएचसी को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में तैयार किया जा रहा है

इसके अलावा पीएम केयर्स फंड के माध्यम से और भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं

कोविड टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण आज से शुरू होगा

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मई और जून में खाद्यान उपलब्ध कराने की घोषणा की है

भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक गिरीश कुमार ने कल बताया कि इस योजना के तहत भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान की उठान शुरू हो गई है यह खाद्यान प्रदेश भर में भेजा रहा है

श्री गिरीश कुमार ने बताया कि योजना के तहत प्रदेश सरकार के सारे खर्चे केन्द्र सरकार वहन करेगी योजना के तहत प्रति व्यक्ति को तीन किलोग्राम गेहूँ और दो किलोग्राम चावल वितरित किया जायेगा

प्रदेश में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न होने के बाद कल होने वाली मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने जारी एक बयान में बताया हैं कि प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मेडिकल हेल्प डेस्क खोले जायें जिन पर आवश्यक दवाइयों के साथ डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे

उन्होंने कहा कि हर हालत में विजय जुलूस प्रतिबंधित रहेगा और किसी को भी जुलूस की कतई अनुमति नहीं दी जायेगी आज अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है प्रति वर्ष एक मई को श्रमिक मनाया जाता है राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने श्रमिक दिवस की पूर्व संध्या पर समी पत्रकार बंध्यों और श्रमिक भाइयों को बधाई देते हुए उनके स्वस्थ जीवन की कामना की है राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि राष्ट्र और समाज की प्रगति में श्रमिकों कामगारों और मेहनतकशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उन्होंने कहा कि मई दिवस हम सभी को श्रमिकों के हितों को संरक्षित रखने की प्रेरणा देता है राज्यपाल ने कहा है कि सभी लोग वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बचाव के नियमों का कड़ाई से पालन करे और दूसरों को भी इसके लिये प्रेरित करे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने श्रमिक दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है